विकास योजनाओं को समय से पूरा करने के दिए निर्देश उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू अपने एक दिवसीय दौरे पर कल देहरादून पहुंचेगे प्रदेश में साहसिक खेलों की संभावनाओं को देखते हुए पर्यटन विभाग अगले महीने साहसिक खेलों से संबंधित उपकरणों की प्रदर्शनी लगाएगा प्रदेश में अल्पायू बच्चियों के साथ बलात्कार जैसी घटनाओं में अपराधी को फांसी की सजा दिये जाने का प्रावधान किया जाएगा समीक्षा मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से चमोली और रुद्रप्रयाग जिले के विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्यों की समीक्षा की इस दौरान मुख्यमंत्री ने उनके द्वारा की गई घोषणाओं की वर्तमान स्थिति की जानकारी ली उन्होंने अधिकारियों को विभिन्न विकास योजनाओं को समय से पूरा करने के लिए आवश्यक औपचारिकताएं जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए

उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायड् अपने एक दिवसीय दौरे पर कल देहरादून आ रहे हैं उनके आगमन को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं

वे कल देहरादून के भारतीय पेट्रोलियम संस्थान में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे जिसके बाद वे दोपहर में दिल्ली के लिए रवाना हो जांएगे अवैध अतिक्रमण देहरादून में इन दिनों अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जोरों पर है प्रशासन जन सामान्य के लिए बनाये गये फूटपाथों गलियों सड़कों और अन्य स्थलों पर किये गये अनाधिकृत निर्माणों और अवैध अतिक्रमणों को ध्वस्त करने में जुटा है हर दिन डेढ़ सौ से दो सौ तक अवैध अतिक्रणों को हटाने की कार्यवाही की जा रही है अपर मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने अधिकारियों को अतिक्रमण हटाने का कार्य सम्पन्न कराने के लिए आवश्यक निर्देश दिये हैं गौरतलब है कि राजधानी में लगातार अतिक्रमण के बढ़ने के चलते आम लोगों को आवाजाही करने में दिक्कतों को सामना करना पड़ता है इस देखते हए उच्च न्यायालय ने सरकार को शहर से अवैध अतिक्रमण को हटाने के आदेश दिए थे उच्च न्यायालय उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने कहा है कि योग्यता पूरी करने वाला किसी भी जाति का व्यक्ति मंदिर का पुजारी बन सकता है न्यायालय के आदेश के अनुसार मंदिर का पुजारी अनुसूचित जाति या जनजाति के किसी भक्त को पुजा करने से नही रोक सकता न्यायमुर्ति राजीव शर्मा की एकलपीठ ने ये आदेश अनुसूचित जाति और जनजाति के व्यक्तियों की धार्मिक गतिविधियों के अधिकारों से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई के दौरान दिये

निर्देश राज्य के सभी जिलाधिकारियों को आपदा से होने वाले नुकसान के समय प्रभावित लोगों को धनराशि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं

उन्होंने कहा कि आपदा पीड़ितों की मदद के लिये धनराशि की कमी नही होने दी जायेंगी भारी बारिश से हुए नुकसान के लिए लोगों को सहायता दिए जाने के सवाल के जवाब में श्री रावत ने कहा कि राज्य सरकार जल्द नुकसान का आंकलन करने के प्रयास कर रही है ताकि आपदा प्रभावितों को राहत पहुंचाई जा सके

निरीक्षण के दौरान पर्यटन राजस्व सिंचाई और वन विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे पौड़ी जिला परियोजना के सहायक परियोजना अधिकारी सुनील कमार ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से कण्वाश्रम को स्वच्छ आइकोनिक स्थल का दर्जा दिया गया है जिसके संबंध में केंद्र सरकार ने इस पौराणिक और ऐतिहासिक स्थल की रिपोर्ट के साथ ही विकास का खाका भी मांगा है जो जल्द ही केंद्र सरकार को भेजा जाएगा

गौरतलब है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने कण्वाश्रम को स्वच्छ आइकोनिक स्थल का दर्जा दिया है और अब इसे पर्यटन से जोड़ने की तैयारियां भी की जा रही हैं प्रदर्शनी प्रदेश में साहसिक खेलों की संभावनाओं को देखते हुए पर्यटन विभाग आगामी अगस्त के महीने में साहसिक खेलों से संबंधित उपकरणों की प्रदर्शनी लगाएगा इसमें साहसिक पर्यटन से संबंधित स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय सामग्रियों और उपकरणों का प्रदर्शन किया जाएगा पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि वे इस आयोजन को लेकर काफी उत्साहित हैं उन्होंने कहा कि राज्य में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने और स्थानीय उत्पादकों को प्रोत्साहित करने के उददेश्य से यह योजना बनाई गई है इससे प्रदेश के उद्यमियों को लाभ मिलेगा और राज्य में पर्यटन के साथ साथ अर्थव्यवस्था को भी मजबूत किया जा सकेगा प्रावधान प्रदेश में अल्पायू बच्चियों के साथ बलात्कार जैसी घटनाओं में अपराधी को फांसी की सजा दिये जाने का प्राविधान किया जायेगा ताकि इस प्रकार के जघन्य अपराधों पर रोक लगाई जा सके आगामी विधानसभा सत्र में इस सम्बंध में विधेयक भी लाया जाएगा देहरादून में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि नाबालिग बच्चियों से बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों के लिए दोषी पाए जाने वाले आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी

देहरादून सहित पौड़ी चमोली बागेश्वर अल्मोड़ा टिहरी पिथौरागढ़ और चम्पावत से बारिश होने के समाचार प्राप्त हुए हैं हमारी अल्मोड़ा प्रतिनिधि ने बताया कि जिले के कई हिस्सों में कल रात से आज दोपहर तक मध्यम से तेज बारिश होती रही जिसके चलते मौसम सुहावना हो गया है राज्य के अन्य हिस्सों में भी पिछले कुछ दिनों से बारिश के कारण मुख्य नदियां और गाढ़ गदेरे उफान पर हैं इधर देहरादून के कालसी में भारी बारिश के कारण दो मकानों के क्षतिग्रस्त होने की सूचना है इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि नही हुई है

भारी बारिश की संभावना को देखर्ते हए राज्य आपदा परिचालन केंद्र के संयुक्त सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को आपदा के दौरान सतर्क रहने को कहा है

घायलों का उपचार ऋषिकेश के एम्स में किया जा रहा है शिक्षा मंत्री अरविन्द पाण्डेय ने कहा कि सरकार विद्यालयी शिक्षा का स्तर ऊपर उठाने के लिए लगातार प्रयासरत है उन्होंने कहा कि शैक्षिक पाठ्यक्रम को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रदेश में एन सीईआरटी की पुस्तकें अनिवार्य की गई हैं

जिलाधिकारी दीपक रावत ने टीकाकरण अभियान के लिए प्लानिंग रिर्पोट की जानकारी ली और अधिकारियों को यह अभियान सफल बनाने को कहा

इस संबंध में जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं